महात्मा गांधी ने तीन अक्टूबर उनीस सौ सैंतालीस को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रगट किए थे

इस दौरान सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा इसके साथ कल सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है आज देवघर जिले के मधुपर से मंत्री हाजी हुसैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पिपरा में लाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक किया जायेगा श्री अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे वर्ष उन्नीस सौ पंचानबे में पहली बार उन्होंने देवघर के मधुपुर से विधायक का चुनाव जीता था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है खेती के परंपरागत तरीकों से अलग अब किसानों को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है रांची जिला के बुंडू प्रखण्ड के बुरुडीह गांव में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेन्ट सोसाइटी के माध्यम से किसान सशक्त बन रहे हैं बुरुडीह के किसान सेवा केंद्र में पैडी थ्रेसर मशीन तेल पेराई मशीन दाल और धान की मशीन लगायी गयी है अब किसानों को तेल निकालने के लिए बुंडू या रांची की दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है साथ ही किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है कोरोना महामारी में ऋण की ईएमआई पर छह महीने की छूट के दौरान दो करोड़ रुपये तक ऋण के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा इस पर केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सहमति जताई है इसके पूर्व कोरोना महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को किस्त चुकाने में छह महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था सरकार द्वारा चक्रवृद्वि ब्याज नहीं लेने के प्रावधान पर छोटे उद्योगों को तीनं दशमलव सात लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी छोटे ऋण लेने वालों को आठ श्रेणियों में बांटा गया है इनमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग शिक्षा आवास उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रेडिट कार्ड भुगतान वाहन व्यैक्तिक और उपभोग ऋण शामिल हैं दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए हावड़ा मुम्बई स्पेशल ट्रेन और हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है ये ट्रेने सप्ताह में सिर्फ तीन दिन चलती थी हावड़ा मुम्बई स्पेशल ट्रेन छह अक्तूबर को हावड़ा से और आठ अक्तूबर को मुम्बई से प्रतिदिन चलना आरंभ करेंगी इसी तरह हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन सात अक्तूबर को हावड़ा से और दस अक्तूबर को अहमदाबाद से प्रतिदिन चलना शुरू करेंगी हावड़ा से चलने के बाद यह ट्रेन पूर्व की तरह टाटानगर और चक्रधरपुर में रूकेंगी

इसके तहत रामगढ़ आकांक्षी जिले को नीति आयोग द्वारा जारी की गई रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है इन सभी जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में जाना जाता है जहां विकास कार्यों के आधार पर आयोग द्वारा प्रत्येक महीने रैंकिंग जारी की जाती है

इसके साथ ही अब तक राज्य में छियासी दशमलव चार सात प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं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

इसके लिए शहर में आठ स्टैटिक सेंटर और हर प्रखंड में एक एक सेंटर बनाये गए हैं जहां सुबह दस बजे शाम छह बजे तक सैंपल लिये जाएंगे जांच गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू मिडिल स्कूल मोरहाबादी गवर्नमेंट गर्ल्स डोरंडा गवर्नमेंट कॉलेज कल्याणपुर मौरिया बैंक्विट हॉल रातू रोड बिरला मैदान रांची तरूण विकास सेकेंडरी स्कूल चुटिया और प्राइमरी स्कूल अब्दुल हमीद स्टीट्र स्कूल कर्बला चौक में होगी दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया यह दुमका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता रथ द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के साथ मतदान करने के लिए लोगो को जागरूक किया जाएगा रांची के उपायुक्त छविरंजन के निर्देश पर जिले में आयोजित किये जा रहे भूमि विवाद समाधान के तीसरे सप्ताह में कल पांच सौ पचहत्तर मामले सामने आए इनमें से तीन सौ चौवालीस मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया इनमें ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास जमीन मापी विवाद आपसी बंटवारा विवाद और दोहरी जमाबंदी से जुड़े थे सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को रांची जिले के सभी बाईस अंचलों में भूमि विवाद समाधान का आयोजन पिछले उन्नीस सितंबर से शुरू हुआ है दो बार आयोजित इस शिविर में अब तक कुल एक हजार एक सौ चौदह मामलों में से छह सौ पच्चपन का निष्पादन किया जा चुका है राजधानी रांची के इकसठ केन्द्रों पर आज यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गयी है पहले सत्र की परीक्षा सुबह नौ बजकर तीस मिनट से ग्यारह बजकर तीस मिनट तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दो बजकर तीस मिनट से चार बजकर तीस मिनट तक होगी सभी परीक्षा केन्द्रों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है थर्मल स्कीनिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश मिलेगा लोहरदगा जिले में शहीद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह का शहादत दिवस आज मनाया गया

साहिबगंज जिले के उपायुक्त चितरंजन कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी सिद्ध कान्हू के वंशज भादो मुर्मू और पिंकी देवी को नर्सिंग कॉलेज भोगनाडीह में फिर से रखने का निर्देश दिया है पिछले दिनों बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण भादो मुर्मू और पिंकी देवी को नर्सिंग कॉलेज भोगनाडीह बरहेट ने कार्य से हटा दिया था इसके बाद उन्होंने जनता दरबार में पुनः कार्य पर रखने की गुहार लगाते हुए आवेदन दिया था उपायुक्त ने जांच प्रतिवेदन के बाद भादो मुर्मू और पिंकी देवी को नर्सिंग कॉलेज को तत्काल प्रभाव से पूर्व के पद पर बहाल करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज शारजाह में दिन के साढ़े तीन बजे मुंबई इंडियन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में शाम साढ़े सात बजे किंग्स इलेवन पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा

वहीं अब्धाबी में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से हरा दिया